हालांकि पुलिस और प्रशासन का अमला पूरे राज्य में स्थिति पर नजर बनाये हुए है राजधानी भोपाल में आज सुबह से कल की अपेक्षा सडको पर लोगो की आवाजाही बढ़ गई शहर के बाहरी इलाकों में रिथति सामान्य बनी हई है इंदौर ग्वालियर जबलपुर सागर रीवा उज्जैन मुरैना भिन्ड शिवपुरी गुना अशोकनगर और अन्य स्थानों से मिली सूचनाओं के अनुसार कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है

खंडवा और पन्ना जिलो में सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैले इसलिये इंटरनेट सेवा बन्द की गई है राज्य के संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ स्वयं राजधानी में रहकर सभी जिलों की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं

वहीं हरदा आगरमालवा छतरपुर टीकमगढ मंदसौर पन्ना बडवानी खंडवा जबलपुर छिन्दवाडा सिवनी ग्वालियर उमरिया उज्जैन शिवपुरी भिण्ड उमरिया और मुरैना सहित पूरे प्रदेश में ईद मिलाद उन नबी उल्लास के साथ मनाई जा रही है आयुक्त बैठक प्रदेश के परिवहन आयुक्त वी मध्य कुमार ने कल इंदौर में जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि वाहनों के रिवर्स गियर ट्रायल को देखकर ही लायसेंस जारी किये जाए उन्होंने वाहन के फिटनेस सेंटर की जानकारी ली और फिटनेस को लेकर प्रदेश स्तर पर पालिसी बनाने की बात कही

इस आयोजन में टेलीविजन जगत के नामी सितारे अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे गौरतलब है कि राज्य षासन की सहभागिता से इंडियन टेलीविजन एकेडमी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है इस समारोह में चयनित टेलीविजन कलाकारों को विभिन्न अवार्डो से नवाजा जाएगा

छोटे पर्दे के प्रसिद्ध हास्य कलाकार कपिल षर्मा भी कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के साथ मनोरंजक प्रस्तुतियां देंगे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

टेस्ट मैच के दौरान बारिश की संमावना को देखते हुए मैदान को ढंकने के लिये ब्रिटेन से विशेष कवर बुलाये गये हैं इसके अलावा सुपर सॉपर मशीने भी मैदान में रहेंगी जिनसे बारिश के बाद लगभग दो घंटे में मैदान को खेलने योग्य बनाया जा सकता है